इस चरण में जिन चौदह सीटों के लिये मतदान किया गया उनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जौनपुर फूलपुर इलाहाबाद आम्बेडकरनगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतबीरनगर लालगंज आजमगढ़ मछलीषहर और भदोही षामिल हैं इस चरण में चौदह महिलाओं सहित एक सौ सतहत्तर उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य मत पेटियों में बन्द हो गया भीशण गर्मी को देखते हुये लोग सुबह ही मतदान केन्द्रों पर पहुंच गये और कतार लगाकर वोट डाला दोपहर में गर्मी के कारण मतदान की गति हल्की धीमी रही लेकिन दोपहर बाद जैसे जैसे षाम होती गयी एक बार फिर मतदान केन्द्रों तक पहुंचने वालों की संख्या बढ़ गयी मतदान सम्पन्न होने तक लोग ब्रथों तक पहुंचते रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे पहली बार मतदाता बने युवाओं में मतदान को लेकर विषेश उत्साह देखा गया युवाओं द्वारा मतदान का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नही मिली कुछ स्थानों पर ईवीएम मषीनों में खराबी की सुचना मिली जिसे निर्वाचन अधिकारियों ने अतिषीघ्र ठीक करा दिया चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों और महिला मतदाताओं के लिये विषेश व्यवस्था की थी छठें चरण में जिन महत्वपूर्ण नेताओं का चुनावी भाग्य मत पेटियों में बन्द हुआ उनमें समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेष यादव भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेष लाल यादव निरहुआ भाजपा नेता और कोन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी प्रदेष सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोषी तथा मुकुट बिहारी वर्मा भाजपा नेता जगदम्बिका पाल हरीष द्विवेदी और कॉग्रेस नेता संजय सिंह षामिल हैं लोकसभा चुनाव के सातवें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने इस चरण की सभी तेरह संसदीय सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है संसदीय क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन किये जा रहे हैं और नेता अपने अपने प्रत्याषियों के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं वरिश्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कुषीनगर के कप्तानगंज में और देवरिया के रूद्रपुर में चुनावी रैलियों को सम्बोधित किया और अपने प्रत्याषी के पक्ष में समर्थन मांगा कृषीनगर में रैली को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉग्रेस सपा और बसपा की सरकार में गरीबों के लिये बैंकों के दरवाजे बन्द थे लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से अब तक गरीबों के चौंतिस करोड़ बैंक खाते खुलवाये जा चुके हैं बीते पांच वर्शो में भाजपा सरकारने सरकार की कार्य संस्कृति को ही बदल दिया देवरिया के रूद्रपुर में रैली को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने जातिवादी वंषवादी और भ्रश्टाचार की इच्छा रखने वाले लोगों को चुनाव के पहले पांच चरणों में ही सबक सिखा दिया है और छठें चरण में भी ऐसी ही उम्मीद है समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेष यादव ने मिर्जापुर में गठबंधन के प्रत्याषी के समर्थन में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हये कहा कि बीते पांच वर्शो में केन्द्र की मोदी सरकार और पिछले दो वर्शो में प्रदेष की योगी सरकार ने विकास का कोई भी कार्य नही किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुये कहा कि उन्होंने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान बर्बादी के कागार पर पहुंच गया जम्मू कष्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने आज महराजगंज में कहा कि भाजपा के षासनकाल में जम्मू कष्मीर की स्थितियां दिनोदिन बिगड़ती जा रही है औसत रूप से वर्श में चार सौ से अधिक सैनिक षहीद हये हैं कष्मीर के पढ़े लिखे लोग अपनी नौकरियों से त्यागपत्र देकर हथियार उठा रहे हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से करूणा और विवेक पर आधारित संवाद सौहार्द और न्याय को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि सीमित प्राकृ तिक संसाधनों को देखते हुए सतत उपभोग और उत्पादन के जरिये ही समाज को बेहतर बनाया जा सकता है आज वियतनाम में सोलहवें संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस पर प्रमुख व्याख्यान देते हुए श्री नायडू ने कहा कि आतंकवाद का बढ़ता खतरा विनाशकारी भावना को दर्शाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के युविका कार्यक्रम के अंतर्गत उन्तीस राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों के आठवीं कक्षा तक के तीन तीन छात्रों को दो सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा यह कार्यक्रम इसरो के चार केन्द्रों में कल से आवासीय ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रशिक्षण के तौर पर दिया जाएगा इसरो के अध्यक्ष डॉ के शिवन आज बेंगलुरु में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे